मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा आनंदपुर साहिब और नैनादेवी के बीच लम्बित रज्जुमार्ग परियोजना को पंजाब सरकार ने दी सहमति उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए आदर्श योजना जल्द तैयार करने को कहा

राज्यसभा में आज अपनी ओर से बयान देते हुए उन्होंने बताया कि यह सभी लोग लगभग तीन वर्ष पहले मोसूल में लापता हो गये थे और खुंखार आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट ने इनकी हत्या की है सुषमा स्वराज ने कहा कि विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह इनके शव स्वदेश लाने इराक जायेंगे

उन्होंने कहा कि मारे गए चार नागरिकों में तीन कांगड़ा और एक मंडी जिले से संबंधित हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है उन्होंने कहा कि इस क्रूरतापूर्ण व अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा की जानी चाहिए जयराम ठाकुर ने कहा कि विदेशों में यदि कोई हिमाचली लापता हैं तो राज्य सरकार उसका पता लगाने के लिए मामला केन्द्र के समक्ष उठाएगी

अनुराग ठाकुर ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए राज्य सरकार से मृतकों के परिवारों को उचित आर्थिक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है मतक परिजन मृतकों के परिजनों ने आतंकियों की इस कायराना हरकत पर रोष जताया है मारे गए युवाओं में कांगड़ा जिले में पासू के अमन कुमार लंज के इन्द्रजीत व घमेटा के संदीप कुमार और मंडी जिले सुंदरनगर से बायला गांव के हेमराज शामिल हैं अमन कुमार के परिजनों ने कहा कि इस संबंध में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सांसद शांता कुमार से भी मुलाकात की गई मगर कोई समाधान नहीं हो पाया उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कोई कदम उठाया जाता तो ये सभी युवा जिंदा वापिस अपने देश आ सकते थे मुख्यमंत्री पंजाब सरकार ने आनन्दपुर साहिब और नैनादेवी के बीच लम्बे समय से लम्बित रज्जुमार्ग परियोजना की पुर्नबहाली को अपनी सहमति दे दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से आज इस संबध में उन्हें संदेश प्राप्त हुआ जयराम ठाकुर ने कहा कि इस महत्वकांक्षी परियोजना की पुर्नबहाली के संबंध में व्यक्तिगत तौर पर भी पंजाब सरकार को पत्र लिखा था उन्होंने कहा कि अब इस परियोजना का कार्य सही रूप से शुरू करने के लिए एक ताजा समझौता ज्ञापन किया जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि ये परियोजना सैलानियों व श्रद्दालुओं के लिए आकर्षण का मुख्य कोन्द्र बनेगी और इससे राज्य में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा

उन्होंने कहा कि ये सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राशि प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना के प्रावधानों के तहत दी जाने वाली सहायता से अलग होगी महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से भेंट की

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि विविध किस्मों की फूलों की पैदावार के लिए अनुकूल कृषि जलवायु के चलते प्रदेश तेजी से पुष्प राज्य के रूप में उमर रहा है इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में चलाई जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी भी दी राधामोहन सिंह ने महेन्द्र सिंह ठाकुर को हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया गोविंद ठाकूर वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि सरकार वन सम्पदा के संरक्षण और इसे आग से बचाने के लिए कृत संकल्प है कुल्लू जिले के पतली कूहल में वन विमाग की रैपिड फारेस्ट फाईटिंग फोर्स के जागरूकता शिविर की अध्यक्षता करते हुए आज उन्होंने ये बात कही गोविंद ठाकुर ने कहा कि जंगलों को आग और अवैध कटान से बचाने के लिए युवक व महिला मण्डलों सहित अन्य सामाजिक संगठनों का सहयोग भी लिया जाएगा उन्होंने लोगों से सरकारी भूमि पर निर्माण कार्यो के बजाए पौधरोपण को तरजीह देने का आग्रह भी किया इस दौरान लोगों को वन सम्पदा के प्रति जागरूक करने के लिए मिनी मैराथन और विद्यार्थियों के लिए नारा लेखन व चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई गई वीरेन्द्र कंवर दूसरी तरफ ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि मानव जीवन की सुरक्षा के लिए वन और पर्यावरण का संरक्षण बेहद जरूरी है

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि विभिन्न कारणों से जंगलों में लगने वाली आग से अमूल्य वन सम्पदा के नुकसान के साथ साथ असंख्य जीव जन्तुओं का जीवन भी समाप्त हो जाता है इस मौके ऊना के वनमण्डलाधिकारी यशुदीप सिंह ने कहा कि आगामी एक अप्रैल से जिले में वन रक्षक सभी पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और वन रक्षा वाहिनी के साथ अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा

न्यायालय ने कहा है कि ये श्रमिक आधारभूत सुविधाएं ही तैयार नहीं करते राष्ट्र का निर्माण भी करते हैं

इस दिशा में हुई प्रगति की जानकारी लेने के लिये मामले की अगली सुनवाई पहली मई को होगी मारकण्डा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकण्डा ने लाहौल स्पिति जिले के दौरे के दूसरे दिन आज केलंग में अधिकारियों के साथ बैठक की

रामलाल मारकण्डा ने अधिकारियों से जिले में लम्बित विकास कार्यों को गति देने में सहयोग का आहवान किया और सरकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार पर बल दिया उन्होंने कहा कि कारगा में मार्केटिंग यार्ड खोलने के अलावा दो कृषि उपज एकत्रिकरण केन्द्र भी खोले जाएंगे रामलाल मारकण्डा ने तोद व पट्टन घाटी के विभिन्न गांवों में जनसमस्याएं भी सुनीं विकम ठाकुर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केन्द्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है कांगड़ा ज़िले के परागपुर में आज देहरा जसवां और ज्वालामुखी के बूथ पालकोंअध्यक्षों और बीएलए के सम्मान समारोह में उन्होंने ये बात कही विकम ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं और इनकी मेहनत से ही प्रदेश में भाजपा की सरकार सत्ता में आई हैं इस मौके विधायक रमेश धवाला भाजपा संगठन सचिव पवन राणा और पूर्व मंत्री रविन्द्र रवि मी मौजूद रहे

धोरण में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विभागों की कार्यप्रणाली में आधारभूत परिवर्तन कर जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्माण कार्य को मिशन के रूप में लिया गया है विपिन परमार ने कहा कि वे लोगों व प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे इससे पहले उन्होंने बाबा किरपा जी के मंदिर में पूजा अर्चना भी की

लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप व माइ गोव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं